खाद्य मंत्री ने उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता के मोहल्ले में ही स्थापित करने के निर्देश दिये

इस दौरान नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे

योजनाओं की विशेषता यह है कि प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक में दाबयुक्त जल मिलने से किसान फौव्वारा पद्वति से सिंचाई कर सकेंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ड़ॉ विजयलक्ष्मी साधौ लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा गृह मंत्री बाला बच्चन अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरिफ अकील उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और कृषि मंत्री सचिन यादव भी उपस्थित रहेंगे

मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री कमल नाथ ने चित्रकूट से अपहरण किए गए जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि प्रदेश में संगठित अपराधी गिरोह को नेस्तानाबूद करने के लिए कदम उठाएँ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना की भरपाई संभव नहीं है इस प्रकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है तो उसे करने वालों को दंडित किया जाएगा चाहे वह उच्च पद पर हो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना राजनीति का नहीं बल्कि जिस परिवार को यह अपूरणीय क्षति हुई है उसके लिए जिम्मेदार लोगों को इतनी कड़ी सजा दिलाने की है कि ऐसी जघन्य घटना दोबारा न हो वहीं इस मामले में मध्यप्रदेश बाल आयोग ने गृह सचिव और सतना पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा ने कल शिवपुरी से पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि ईधन और ऊर्जा का प्रभावी संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ आयात पर भी निर्भर है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ एक महत्वपूर्ण घटक है

इसलिये उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन आवश्यक है उच्चतम न्यायालय सुनवाई उच्चतम न्यायालय अयोध्या के रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की आज सुनवाई करेगा इसके लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देकर तुरंत सुनवाई की मांग की उन्होंने आवेदन में विवादित भूमि पर पूजा के मौलिक अधिकार लागू करने की मांग की है न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी से आज सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है

इस दो दिवसीय आयोजन का उद्घाटन प्रदेश के विधि विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा करेंगे केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश जेल विभाग के तत्वधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों के विभागाध्यक्ष डीजी जेल उनके सहयोगी अधिकारी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन मुख्य अतिथि होंगे

जेल महानिदेशक संजय चौधरी ने बताया कि पहली बार यह कांफ्रेंस मध्यप्रदेश में हो रही है इसमें देश में जेल प्रशासन के ज्वलंत मुद्दे रिहाई पश्चात बंदियों की देखभाल में समाज की भागीदारी एवं कारावास की वर्तमान व्यवस्था के नए विकल्प जेलों से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों के न्यूनतम मानक का अनुपालन जेलकर्मियों की भलाई सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी तोमर राशन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य की दुकान जिस मोहल्ले की हो वहीं स्थापित हो उन्होंने कहा कि एक साल के अन्दर राशन कार्ड को एटीएम कार्ड की तर्ज पर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाये जिससे आम आदमी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके श्री तोमर भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उपार्जन संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे मंत्री श्री तोमर ने निर्देश दिये कि पीएसओ मशीन के जरिये अगूंठा लगाने की व्यवस्था आने वाले समय में फेस रीडर की सुविधा भी जोड़ी जाये उन्होंने कहा कि उपार्जन के समय खरीदी में विलम्ब न हो और अनाज की गुणवत्ता के आधार पर तर्क सहित स्वीकृत और अस्वीकृत का आधार बनायें श्री तोमर ने कहा कि नोडल अधिकारी को अधिकार सम्पन्न बनाया जाये जिससे वे समय पर उचित कार्यवाही कर सकें जश्न ए उर्दू मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आज से तीन दिन तक भोपाल के रवीन्द्र भवन में उर्दू जबान ओ अदब उर्दू तालीम और तहज़ीब ओ सकाफ़त पर आधारित जश्न ए उर्दू का आयोजन किया जा रहा है उद्घाटन सत्र की शुरूआत पुलवामा शहीदों को श्रृद्वांजलि से होगी

विशिष्ट अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री और साहित्यकार डॉ गिरिजा व्यास फिल्म कलाकार रजा मुराद और वसीम बरेलवी होंगे उद्घाटन के बाद इजिप्ट का सूफी नृत्य तनोरा और विश्व विख्यात कव्वाल उस्ताद चांद कादरी सूफियाना की कव्वाली होगी

जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील शामिल होंगे